लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में आज से फिर शुरू हुआ नियमित कामकाज

राज्य सरकार ने कोरोना जागरूकता अभियान को एक सप्ताह और बढ़ाया

इतनी ही राशि केन्द्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उपलब्ध करायी गयी

यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद पी सी महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया

इनके अलावा दूसरे राज्य को एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पाता चला है

इस बीच सरकार पीपीई किट निर्यात करने की मंजूरी दे दी है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी

कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनता में जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है

सवाईमाघोपुर में साइकिल रैली निकाली गई जिसमें पुलिस कर्मचारी खिलाड़ी और स्काउट सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया हमारे सवाईमाघोपुर संवाददाता ने बताया कि अभयान के तहत आज जिले में मै सतर्क हूं कार्यक्रम भी रखा गया बूंदी में भी जिला कलेक्टर ने इस अभियान के तहत जागरूकता कार्यो की शुरूआत की वहां जनता में खुद की फोटो हैश टैग के साथ सोशल मीडिया पर भेजने के प्रति उत्साह नजर आ रहा है

कोटा में जिला कलेक्टर ने जनता से मास्क लगाकर सेल्फी लेने और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने को कहा बीकानेर के डुंगर कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया

दौसा के रामगढ़ पचवारा में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोरो संक्रमण जागरूकता पर पोस्टर का विमोचन किया झालावाड़ और जैसलमेर में जिला कलेक्टर ने सेल्फी अभियान का श्रभारम्म किया

जयपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राज्य मंत्रिमण्डल के कई सदस्य तथा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए इस मौके पर अपने ॅसम्बोघन में श्री पायलट ने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढना चिंताजनक है

उन्होंने कहा कि आगे वर्च्यअल रैलियां आयोजित की जायेगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना की जायेगी दूसरी ओर भाजपा ने पेट्रोल उत्पादों की कीमतों को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है